हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव रंजन ने कहा कि राजनीतिक दल च्नाव प्रचार के दौरान ऐसा कृछ भी प्रयोग न करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो

भारत का अगला मैच परसो मंगलवार को मलेशिया से होगा

आयोग ने मीडिया को निर्देश जारी किया है जिससे वैबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी शामिल है आयोग ने टी वी रेडियो चैनलों केबल नेटवर्क तथा वैबसाइट को कहा है कि वे सुनिश्चित करे कि अपने कार्यक्रम के जरिये वे किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के खिलाफ या हक में प्रचार नहीं करेंगे च्नाव आयोग ने कहा कि च्नाव होने की घोषणा से लेकर चुनावों के परिणामों की घोषणा होने तक जो भी कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे है उन पर आयोग दवारा निगरानी रखी जायेगी हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव रंजन ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष स्वतंत्र एंव पारदर्शी तरीके से करवाने के लिये चुनाव डयूटी में लगे सभी अधिकारी चुनाव आयोग की हिदायतों एवं निर्देशों के अन्सार कार्य करेंगे

म्ख्य च्नाव आय्क्त ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनावों प्रचार के दौरान ऐसा कुछ न करे जिसे पर्यावरण को हानि पहंचे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रात दस बजे से स्बह छ बजे नहीं किया जायेगा उन्होंने कहा कि बूथ अफसर मतदान होने से पांच दिन पहले घर घर जा कर मतदाता पर्ची बांटेंगे अम्बाला जिला के निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि च्नाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी एक टीम भावना के साथ काम करें और उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे समय पर पूरा करें उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने य्वाओं का आहवान करते ह्ये कहा कि उन्हें एक नये भारत का निर्माण करना चाहिए जोकि डर जातिवाद तथा भ्रष्टाचार से मुक्त भारत हो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत करते हये श्री नायडू ने उन्हें रचनात्मक रवैया अपनाने को कहा

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे टीबी म्क्त अभियान और आय्ष्मान भारत से लोगों को स्वास्थ्य शैली में स्धार हो रहा है

हरियाणा के म्ख्य सचिव डी एस ढेसी ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की दृढ़ता से पालना करने के निर्देश दिये है हाल ही दिये गये इन आदेशों में एनजीटी ने वायु प्रदूषण पर चिंता जताई है इसी पर म्ख्य सचिव ने रोहतक में समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हये कहा कि कूड़े को अच्छे तरीके से एकत्रित कर उसका निष्पादन किया जाये कूड़े को किसी भी कीमत पर जलने न दिया जाये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला पानी ट्रीट होकर ही ड्रेन में डाला जाये उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में रोहतक मे किए जा रहे कायो की सराहना भी की यमुनानगर व जगाधरी क्षेत्र में अलग अलग हादसों में महिला सहित पांच लोगों की मौत हो गई बीकेडी सड़कपर डंपर व बाइकों की भिड़त मे आज दो य्वकों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गये एक अन्य घटना में गृहकलेश के चलते जगाधरी में महिला व एक य्वक ने फंदा लगाकर खुदक्शी कर ली एक और घटना में यमुनानगर मे फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति ने जहरीली वस्त् खाकर आत्महत्या कर ली

लोकसभा च्नाव के लिये हरियाणा के सह प्रभारी विश्वास सारंग ने कहा है कि आज हर दल का बड़े से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है आज रोहतक में भाजपा के प्रदेशकार्यालय मे उन्होंने महिला मोर्चा अन्सूचित व किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चूनाव को लेकर चर्चा की पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्ण् दोष और छवि को देखते हये जो नेता हमारी पार्टी की रीति नीतियों में विश्वास रखता है ऐसे नेताओं को ही भाजपा में शामिल किया जायेगा टिकट वितरण के सम्बध मे उन्होंने कहा कि प्रदेश समिति ने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली है और अब केन्द्रीय नेतृत्व के ही इस बारे में तय करना है दूसरी ओर भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह ने टिक्टों को लेकर चलरही चर्चाओं को सिरे से नकारते हये कहा कि टिकट देना पार्टी हाईकमान का काम है हमारा काम पार्टी व सरकार की नीतियों का प्रचार कर दस की दस सीटें प्रधानमंत्री की झोली मे डालना है

लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यमुनानगर में बीती शाम पुलिस प्रशासन ने नाईट डोमीनेश्नन अभियान चलाया पुलिस ने जगाधरी यम्नानगर सहित कई इलाकों में नाके लगाकर वाहनों की जांच की इस दौरान प्लिस ने जहां वाहनों के कागजों की जांच की वहीं क्छ लोगों को नशीले पदार्थो के साथ पकड़कर कर उनके मामले दर्ज किये आज तड़के तक प्लिस का अभियान चलता रहा

भारत का अगला मैच मंगलवार को मलेशिया से होगा ब्ध्वार को भारत का कनाडा से और श्क्रवार को पोलैंड से मैच होगा तालिका मे ऊपर रहने वाली दो टीमें शनिवार को फाईनल मे मैच खेलेंगी पिछले बारी की विजेता आस्ट्रेलिया इस बार भाग नहीं ने रहा सोनीपत जिले के राठधना में क्रिकेट एंड स्पोटर्स अकादमी के उदघाटन अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा कि खेल हमारे जीवन में अहम हिस्सा है हमे अपने स्वास्थ्य के नज़रिये और बच्चों के भविष्य के नज़रिये से खेलों में भागीदारी करनी चाहिए उनहोंने कहा कि हरियाणा सरकार ने य्वाओं को बेहतर माहौल देने के लिये नई शारीरिक उपय्क्ता नीति शुरू की वहीं गांव और शहरों में व्यायाम शाला और नर्सरियों के माध्यम से खिलाड़ियों के बेहतर अभ्यास का प्रबंध किया गया मौसम विभाग ने हरियाणा में आज और कल कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है हालांकि दिन और रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया है

मंगलवार से मौसम शृष्क रहने की संभावना है भिवानी मे आयोजित सेमीनार के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ने मध्मक्खी पालकों को बताया कि अपनी आये बढ़ाने के लिये सिर्फ शहर पर निर्भर न रहे उनहें चाहिए कि वो मध्मक्खी छत्तों से मिलने वाले पोलन व मोम का भी संग्रहण करे जिसका प्रयोग उद्योगों मे भी होता है उनहोंने कहा कि शहर की कीमतों मे काफी कमी आई है इसलिये किसानों का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों व मध्मक्खी के प्राप्त होने वाले अन्य उत्पादों को भी अपनाना चाहिए